प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार गांधी जयंती पर देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का ये एक अनूठा अभ्यास रहेगा उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने का एक अभिनव अभ्यास बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के आरम्म होने के साथ ही आज से त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है उन्होंने लोगों से उदारता से उन वस्तुओं का दान करने का आग्रह किया जिसका वे उपयोग नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकृर ने शिमला के समीप घनाहट्टी में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश के लोगों विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनकर उमरा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के ज़रिए लोगों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है क्योंकि ये न केवल पर्यावरण बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों को नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं भी दीं उपचुनाव भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है धर्मशाला से विशाल नेहरिया जबकि पच्छाद से रीना कॅश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस ने पिछले कल ही दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी पार्टी ने धर्मशाला से विजय इंद्र करण और पच्छाद से गंगू राम मुसाफिर को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन र्हे

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यो के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित करते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बनी रहेगी अलर्ट केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकी हमलों की सूचना के बाद प्रदेश में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है इसके चलते चम्बा के अति संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों में पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर की तरफ से चम्बा आने वाले वाहनों की लंगेरा संघनी किहार और सलूणी क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच की जा रही है उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के अनुसार वाहनों सहित अन्य संदिग्ध लोगों की निरंतर चैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं

नवरात्रे शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां दूर्गा के पांच प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी ज्वालामुखी बजेश्वरी देवी चिंतपूर्णी और नयना देवी में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना व हवन यज्ञ चल रहे हैं तथा मां दुर्गा के मंजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है इस अवसर पर शक्तिपीठों व मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है वे यूगांडा में कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान बोल रहे थे बिंदल ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर किसी भी राष्ट्र का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला आज भी रूक रूक कर जारी है इससे जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं तापमान में भी कमी आई है

अनेक भागो में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के चलते प्रदेश के निचले क्षेत्रों में मक्की की फसल को भी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने दो अक्तूबर तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है